बाद में वे श्री वाजपेयी की अन्तिम यात्रा में राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक शामिल हुए जहां श्री वाजपेयी का अन्तिम संस्कार किया गया विघानसभा अध्यक्ष डा राजीव बिन्दल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती मंत्रिमण्डल के सदस्य प्रदेश के सांसदों तथा विघायकों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की दलाईलामा तिब्बती धर्मगुरू एवं नोबेल पुरस्कार विजेता दलाईलामा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक जताया है धर्मगुरू ने दिवंगत नेता की दत्तक पुत्री नमिता को लिखे पत्र में उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की बात कही है दलाईलामा ने कहा कि श्री वाजपेयी एक सच्चे समर्पित राजनीतिज्ञ थे तथा उनके चले जाने से भारत ने एक ऐसे शख्स को खो दिया जिसकी भरपाई कभी नही हो सकती शोक समा इस बीच प्रदेश भाजपा द्वारा आज सभी जिला मुख्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया जाएगा अधिस्चना प्रदेश में आज सभी स्वास्थ्य संस्थान और बैंक खुले रहेंगे जबकि सरकारी कार्यालयों निगम बोर्डों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश रहेगा इस संबंध में राज्य सरकार ने कल शुक्रवार को नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नई अधिसूचना जारी की है इससे पहले बीते गुरूवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर सरकार ने राज्य में सात दिन का राजकीय शोक घोषित करने के साथ दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था

इस अदालत में कोलंग व जिले के सभी विभागों के आहरण व संवितरण अधिकारी सभी पैंशन संगठनों के पदाधिकारी सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए हुए हैं हालांकि बीती रात कुल्लू कांगड़ा चंबा लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश हुई

अमर उजाला की सुर्खी है श्रद्धा का अनंत सैलाब हर आंख में आंसू आसमान भी रोया दिव्य हिमाचल लिखता है परमात्मा में विलीन अटल आत्मा पंजाब केसरी का शीर्षक है अटल आत्मा परमात्मा में विलीन दैनिक जागरण ने लिखा है अलविदा अटल जी बेटी नमिता ने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि

हिमाचल दस्तक का कहना है वाजपेयी को दी अश्रपूर्ण विदाई

दैनिक न्याय सेतु ने लिखा है युगपुरूष अटल जी पंचतत्व में विलीन अमर उजाला ने खबर दी है इटली से मंगवाए करोड़ों के सेब पौधे सूखे निकले जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है बागवानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए सेब के पौधे

सरकारी बसों में छूट बंद शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है बीओडी ने बदला पूर्व कांग्रेस सरकार का फैसला निजी बस ऑपरेटरों के दवाब में लिया निर्णय आठ सौ प्रिंसिपलों को अब रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे रेगुलर प्रमोशन व इंकीमेंट बेनीफिट शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है

एक नजर संपादकीय पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय फिर सरकारी कर्मियों को सलामी में लिखा है कि पंद्रह अगस्त की रौनक के बीच धर्मशाला में नवनिर्भित युद्ध संग्रहालय ही जब अपनी जंजीरें नहीं खोल पाया तो राष्ट्रीय स्वाधीनता के दीपक कौन जलाएगा